मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित होंगे इस बीच मुख्यमंत्री आज शिमला से वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण कौशल योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री परिवहन विभाग और आई टी से संबंधित बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे वर्च्अल रैली केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना वायरस से निपटने में प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ रही है और हिमाचल एक मिसाल बनकर सामने आया है नई दिल्ली से मंडी संसदीय क्षेत्र की वर्च्अल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह से कोरोना महामारी से निपटने के प्रयास कर रहा है वो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है शिमला से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया सोच के कारण ही लॉकडाउन के दौरान सरकार का जनता के साथ संपर्क बना रहा इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नई दिल्ली से रैली में भाग लिया

गतिविधियां फिर शुरू करने की चरणबद्द प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गयी है निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन महीने की तारीख तक कड़ाई से लागू किया जायेगा गृह मंत्रालय ने कहा है कि नये दिशा निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से मिली जानकारी और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श के आधार पर तैयार किये गये हैं

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने कोरोना महामारी और कर्फ्यू में ढील से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में कोरोना से आठवीं मौत जंगलबैरी की बुजुर्ग ने नेरचौक में तोड़ा दम

हिमाचल दस्तक का कहना है दिल्ली से हमीरपुर लौटी बुजुर्ग महिला ने नेरचौक में दम तोड़ा

दिव्य हिमाचल और आपका फैसला की लगभग एक जैसी सुर्खी है कर्फ्यू में दो घंटे बढ़ी छूट